इस दौरान कोविड मानकों का पूरा पालन किया गया राज्यस्तरीय समारोह मंडी जिले के पधर में हुआ जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं दीं और प्रदेश में हुए विकास का उल्लेख किया

इस अवसर पर जयराम ठाक्र ने स्वास्थ्य विभाग के कोरोना योद्वाओं को अतिरिक्त मानदेय देने का ऐलान किया

कांगडा दिवस कांगड़ा का ज़िला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह पुलिस मैदान धर्मशाला में हुआ जहां विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्चपास्ट की सलामी ली उन्होंने कहा कि विकास के मामले में हिमाचल ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और ई विधान प्रणाली लागू करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है

कोरोना महामारी को देखते हुए इस बार हिमाचल दिवस समारोह कोविड मानकों को ध्यान में रखते हुए मनाया गया इस अवसर पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यकम भी प्रस्तुत किए गए हमीरपुर दिवस हमीरपुर में भी हिमाचल दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली उन्होंने कहा कि हिमाचल में हुए विकास के कारण ही इसकी गिनती देश के प्रगतिशील राज्यों में की जाती है

कुल्लू दिवस शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कुल्लू में ज़िला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए हिमाचल को अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं पहली से आठवीं कक्षा तक सभी विद्यार्थियों को मुफ्त पाठ्य पुस्तकें वितरित करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है ऊना दिवस ऊना में हुए ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चोधरी ने की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मूल मंत्र के साथ कार्य कर रही है

किन्नौर दिवस रिकांगपिओ में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने ज़िला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता की और तिरंगा फहराया उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हिमाचल ने उल्लेखनीय प्रगति की है और कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं

लाहौल दिवस जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में भी हिमाचल दिवस समारोह की धूम रही जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली

चंबा दिवस वन मंत्री राकेश पठानिया ने चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में ज़िला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने तिरंगा फहराया और लोगों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दीं नाहन दिवस सिरमौर का ज़िला स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह नाहन के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित किया गया जहां ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने ध्वजारोहण किया उन्होंने प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएसपरमार द्वारा राज्य के विकास के लिए दिए गए योगदान को याद किया